राज्यपाल कल्याण सिंह ने आज राजभवन में भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चन्द कटारिया को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित सरकार के कई नये मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे इससे पहले कल भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई जिसमें श्री कटारिया को सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुना गया था केन्द्रीय पर्यवेक्षक अरूण सिंह ने बैठक के बाद बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्री कटारिया के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका विधायकों ने समर्थन किया नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद श्री कटारिया ने कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसे वे पूरी निष्ठा से निमायेंगे तथा जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से उठायेंगे पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड़ को विधायक दल का उपनेता चुना गया है

इस अधिसूचना के अंतर्गत सरकार ने दस केन्द्रीय एजेंसियों को अधिकार दिया है कि वे किसी भी कम्पयूटर प्रणाली की सामग्री को बीच में रोक सकती हैं और उस पर नजर रख सकती हैं शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र से छह हफ्तों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है

यह आठ महीनों में सबसे कम है

मौद्रिक नीति निर्घारित करते समय रिजर्व बैंक केवल खुदरा मूल्य के आंकड़ों को ही शामिल करता है इस वित्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ने पांचवीं मौद्रिक नीति समीक्षा में व्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था लेकिन यह अवश्य कहा था कि यदि मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी तो ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है

यह शुक्रवार तक जारी रहेगी

केन्द्र ने रिजर्व बैंक से सलाह मश्विरा करके फैसला किया है कि जो निवेशक ऑनलाइन आवेदन करके डिजिटल माध्यम से राशि की अदायगी करेंगे उन्हें निर्धारित मूल्य में पचास रूपए प्रति ग्राम की रियायत दी जाएगी

मादक पदार्थो की मात्रा में कमी लाने की पंचवर्षीय राष्ट्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य इस मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाना है इसमें प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की शिक्षा नशामुक्ति और पुनर्वास के उपाय शामिल हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मादक पदार्थ मांग कटौती नीति के मसौदे को मंत्रिमंडल से वापस लिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है कार्ययोजना में स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों में पुलिसकर्मियों अर्धसैनिक बलों कानून प्रवर्तन एजेंसियों न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ता संगठनों के लिए जागरूकता सुजन कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर हनुमानगढ़ जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जायेगा वहीं पीसीपीएनडीटी श्रेणी में झुंझुनूं जिले का चयन किया गया है

यह सर्दियों की समाप्ति और फसलो की कटाई के पर्व के रूप में मनाया जाता है यह पर्व देश में अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है प्रदेशभर में भी मकर सकांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस दिन दान प्रण्य का खास महत्व होने के कारण दिनभर दान पुण्य का सिलसिला जारी रहा लोगों ने सुबह से ही घर की छतों पर पतंगबाजी का लुफ्त उठाया मकर सक्रांति के अवसर पर आज जयपुर में जलमहल की पाल पर पर्यटन विभाग की ओर से पतंग उत्सव का आयोजन किया गया इसमें अनेक देशी विदेशी पर्यटकों ने पतंगबाजी का आनन्द उठाने के साथ राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद चखा इस अवसर पर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक उपेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि इसे आयोजन का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को जयपुर की संस्कृति से परिचित करवाना है शहर में कई संगठनों ने मांझे से घायल पक्षियों के इलाज की व्यवस्था के लिए अनेक स्थानों पर शिविर लगाए गए प्रदेशभर से हमारे संवाददाताओं ने मकरसकांति के अवसर पर लोगों के उत्साह की खबरें दीं जहां डूंगरपुर धौलपुर और सवाईमाधोपुर सहित अनेक जिलों में पतंगबाजी का जोश बना रहा वहीं सवाईमाधोपुर के रामेश्वर धाम स्थिति त्रिवेणी संगम पर स्नान और दानपुण्य के लिए श्रद्वालुओं की भीड़ जुटी रही ै चूरू भरतपुर और धौलपुर में भी प्रमुख मंदिरो में लॉगों ने विशेष पूजा अर्चना कर दानपुष्य किए टोंक में मकर सकांति के अवसर पर परम्परागत रूप से दड़ा खेल खेला जाता है

वहीं करौली में भी इस त्यौहार पर ग्रामीण अंचलों में परम्परागत रूप से ग्रली डंडे का खेल खेला जाता है

साथ ही हवाओं की ठण्डक के साथ साथ गलन बढ़ी है जिससे लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हो गये

जैसलमेर वायुसेना स्टेशन के पास घ्रमते हुए एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया है वायुसेना अधिकारी और स्थानीय पुलिस उससे पूछताछ कर रहे हैं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए

धौलपुर के पास आज एक ट्रक ने चार युवकों को टक्कर मार दी हादसे में एक युवक की मृत्यु हो गयी और तीन घायल हो गए

यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात साढ़े नौ बजे शुरू होगा